सुकमा जिले में पुलिस ने दो माओवादियों को किया गिरफ्तार

कोरोना वायरस केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए राज्यों को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है इस बीच भारत ने कोरोना वायरस से बचाव की दृष्टि से आठ देशों के नागरिकों के सभी नियमित वीजा और ई वीजा निलंबित कर दिए हैं ये देश हैं फ्रांस जर्मनी स्पेन चीन इटली ईरान दक्षिण कोरिया और जापान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में लोगों को इन देशों की यात्रा से बचने को कहा गया है और अनावश्यक विदेश यात्रा पर न जाने की सलाह दी गई है अभी तक दुनिया के सौ से ज्यादा देशों में कोविड उन्नीस के मामलों की सुचना मिली है वहीं सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी सार्वजनिक वाहनों को साफ सुथरा और विषाणु मुक्त करने के उपाय करने को कहा गया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने परामर्श जारी कर सभी बस टर्मिनल और बस स्टैंड को भी साफ सुथरा रखने को कहा है बसों और टर्मिनल पर जन स्वास्थ्य संदेश भी प्रदर्शित करने को कहा गया है रास जनगणना राज्यसभा में आज केन्द्र सरकार ने बताया कि वर्ष दो हजार इक्कीस की जनगणना दो चरणों में कराई जायेगी पहले चरण में देशभर में मकानों की सूची तैयार करने और आवासों की गणना इस साल एक अप्रैल से तीस सितंबर तक की जाएगी दूसरे चरण में जनगणना का कार्य अगले साल नौ फरवरी से अट्ठाईस फरवरी तक किया जाएगा इसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों को छोडकर पूरे देश में जनगणना में संशोधन का कार्य इस साल एक से पांच मार्च तक किया जाएगा असम को छोडकर देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अद्यतन करने का कार्य मकानों की सूची तैयार करने और आवास गणना के साथ ही किया जाएगा राष्ट्रीय स्कॉच अवॉर्ड मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में बेहतर प्रदर्शन के लिए कांकेर जिले का चयन राष्ट्रीय सिविलियन स्कॉच अवॉर्ड के लिए किया गया है जिले के कलेक्टर के एल चौहान आगामी चौदह मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण करेंगे गौरतलब है कि कांकेर किलकारी के नाम से सुपोषण अभियान जिले में तीन सितंबर दो हजार उन्नीस से संचालित किया जा रहा है इसके तहत जिले के समी आंगनबाड़ी केन्द्रों में छह माह से पांच वर्ष तक के मध्यम और गंभीर कपोषित चौदह हजार चार सौ तैंतीस बच्चों को गर्म पका भोजन और अण्डा प्रदान किया जा रहा है साथ ही पंद्रह वर्ष से उनचास वर्ष की आठ हजार से अधिक एनीमिया पीड़ित महिलाओं को पोषण आहार दिया जा रहा है जिसके बाद पांच सौ पंद्रह बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ है

दूसरा वार्षिक पोषण पखवाड़ा आठ से बाईस मार्च तक मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहल कांकेर जिले में आदिवासी बच्चों द्वारा पोषण के लिए किए जा रहे प्रयास एक मिसाल बन रहे हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा विकासखंड के पंडरीपानी गांवमें प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास के बच्चों ने अपने छात्रावास परिसर में ही एक पोषण वाटिका लगाई है यह पोषण वाटिका लोगों के लिए आकर्षण और कौतूहल का केन्द्र बनी हुई है कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर के मार्गदर्शन में लगाई गई इस पोषण वाटिका में साग सब्जियों के साथ ही केले पपीते अमरूद और जामुन जैसे फलदार पौधे भी जैविक पद्धति से लगाए गए हैं इन साग सब्जियों और फलों का उपमोग बच्चे स्वयं करते हैं जिससे उनके पोषण का स्तर सुधर रहा है छात्रावास के अधीक्षक भीखम सिंह ने बताया कि छुट्टी के दिन कर्मचारियों के साथ ही छात्रावास के बेच्चे इस पोषण वाटिका में श्रमदान करते हैं पोषण वाटिका के इस प्रयोग से न सिर्फ बच्चो की सेहत में सूधार आया है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ा है विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर माओवादी गिरफ्तार सुकमा जिले में आज पुलिस ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम को रवाना किया गया था इसी दौरान दो माओवादियों को घेराबंदी कर पकडा गया आरोप है कि इन माओवादियों ने बीती अट्ठाईस फरवरी को तोंगपाल इलाके में एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी साथ ही उसकी पत्नी से भी मारपीट की थी युवा वैज्ञानिक कांग्रे स अट्ठारहवीं छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में आगामी पच्चीस मार्च से किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बंघेल इसका शुभारंभ करेंगे वहीं समापन कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसूईया उइके शामिल होगी दो दिवसीय युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपूर की ओर से किया जा रहा है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के उभरते हुए युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रेरणा देना है इसके अंतर्गत उन्नीस विषयों में शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे इसके लिए देशभर के विभिन्न क्षेत्रों से युवाओं को आमंत्रित किया गया है युवा वैज्ञानिक कांग्रेस में बत्तीस से पैंतीस आयु समूह के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ ही कम से कम दो वर्ष से शोध कार्य से जुड़े युवाओं को इसमें आमंत्रित किया गया है साथ ही मेडिसिन और इंजीनियरिंग क्षेत्र के स्नातक युवा भी शामिल हो सकेंगे हाथी विचरण महासमुंद जिले में महानदी तट के आसपास इन दिनों तेईस हाथियों का दल विचरण कर रहा है हाथियों का यह दल किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है वन विभाग के अधिकारियों ने महानंदी तट के गांवों अछोला अछोली गुल्लू बड़गांव और बिरकोनी में म्रनादी कराकर ग्रामीणों को हाथियों से सतर्क रहने को कहा है वहीं रायगढ़ जिले के पनझर में भी आज सुबह छह हाथियों का दल पहुंचा इन हाथियों ने फसलों को न्रकसान पहंचाया और एक ग्रामीण पर भी हमला कर दिया घायल ग्रामीण को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पनझर पहंची और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी वन विमाग की टीम के साथ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पर्टेल भी पनझर पहुंचे उत्कृष्ट खिलाड़ी राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के उदेश्य से प्रदेश के उत्कष्ट खिलाडियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं

आवेदक समस्त दस्तावेजों में स्वयं के हस्ताक्षर के साथ अपना आवेदन संचालनालय खेल और युवा कल्याण विमाग में जमा कर सकते हैं जो खिलाडी पिछले वर्ष आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है खेल और युवा कल्याण विभाग की संचालक श्वेता सिन्हा ने इस संबंध में पत्र जारी कर कहा है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ओलंपिक एशियाड राष्ट्र मंडलीय राष्ट्रीय खेल और विश्वविद्यालयीन खेलों से संबंधित खिलाडियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा थल सेना भर्ती रैली भारतीय थल सेना की भर्ती रैली आगामी सोलह अप्रैल से कवर्धा में शुरू होगी इस रैली में छत्तीसगढ़ के सभी जिले के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे इच्छुक आवेदक इकतीस मार्च तक थल सेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं रैली में सैनिक सामान्य ड्यूटी सैनिक तकनीकी सैनिक नर्सिंग सहायक सैनिक लिपिक स्टोर कीपर और सैनिक ट्रैड मैन के पदों पर भर्ती की जाएगी इसी कड़ी में दूर्ग के जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है इसके लिए जिले के इच्छुक आवेदक आगामी सोलह मार्च तक अपना आवेदन रोजगार कार्यालय में जमा कर सकते हैं हत्या राजनांदगांव जिले में बीती रात दो गुटों के बीच हुए आपसी विवाद में दो युवकों की मौत हो गई वहीं एक महिला सहित दो अन्य लोग घायल हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगांव थाना क्षेत्र के करियाटोला में किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हआ इसके बाद एक पैक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया

गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं इसी जिले के चौखड़िया पारा में भी बीती रात मामूली विवाद के बाद दो युवकों ने गोली चला दी इस हादसे भें तीन युवक घायल हो गए हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है इंडियार से बिलासपुर जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव आरपी मण्डल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सशक्त समिति की बैठक हुई बैठक भें उन्होंने ई शासन एक पहल सुशासन की ओर के तहत डिजिटल सचिवालय परियोजना के कार्यो की समीक्षा की मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना से संबंधित कार्य निर्घारित समय में पूरे किए जाए उन्होंने ई ऑफिस एप्लीकेशन को उपयोगी बताते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भी कहा मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ ओले गिरने की संभावना व्यक्त की है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है इसके असर से प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है